पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज इंदौर की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंदौर शहर में आज जो सफलता की कहानी लिखी गई है उसके पीछे इस शहर की जनता की जीवटता सहयोग की भावना और शहर के प्रति अपनापन सबसे बड़ा कारण है

प्रधानमंत्री ने नगरीय परिवहन योजना के तहत सूत्र सेवा की शुरुआत की

कार्यक्रम में हाउसिंग फॉर ऑल की अवधारणा के अंतर्गत प्रदेश के तीन सौ चौहत्तर नगरीय निकायों में निर्मित एक लाख दो सौ उन्नीस प्रधानमंत्री आवास में हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत तेईस कार्यों का लोकार्पण करने के साथ ही नगरीय क्षेत्र की चौदह पेयजल योजनाओं का श्भारंभ किया वहीं धार के धरमपूरी नगर परिषद की लगभग सात करोड़ पैसठ लाख रूपये की लागत से बनी शहरी पेयजल योजना का ई लोकार्पण किया गया इससे पहले श्री मोदी ने राजगढ़ जिले के मोहनपुरा में करीब तीन हजार आठ सौ छियासठ करोड़ रुपये की मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया इस परियोजना से लगभग एक लाख चौतीस हजार हेक्टेयर रकबे मे सिंचाई के साथ ही चार सौ ग्रामों में पेयजल मिलेगा परियोजना से जिले के सात सौ सत्ताईस ग्राम लाभान्वित होंगे

मुखर्जी बलिदान दिवस भारतीय जनसंघ के संस्थापक डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर प्रदेश में भी उन्हे श्रद्वांजलि अर्पित की जा रही है राजधानी भोपाल मे स्थित उनकी प्रतिमॉ पर फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई प्रधानमंत्री ने राजगढ़ में उन्हें याद करते हुए कहा कि डाक्टर मुखर्जी ने सबसे ज्यादा महत्व शिक्षा स्वास्थ्य और सुरक्षा को दिया वे कहते थे कि युवाओं में छिपी प्रतिभा को निखारने के लिए उचित माहौल बनाया जाना चाहिये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर डाक्टर मुखर्जी को श्रद्वांजलि अर्पित की

आकाशवाणी और द्रदर्शन के समुचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू द्यूब चैनल तथा आकाशवाणी की वेबसाइट पर भी यह उपलब्ध रहेगा

इसके लिए भाजपा ने अपने सभी केंद्रीय मंत्रियों को विभिन्न स्थानों पर भेजने का निर्णय लिया है

उद्यानिकी फसल प्रदेश को उद्यानिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को उच्च तकनीकी खेती करने के लिए अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है योजना के माध्यम से उद्यानिकी फसलों जैसे फल फूल सब्जी मसाला और औषधीय पौधों में करीब तीन गुना वृद्धि हुई है शहडोल संभाग के अनूपपुर जिले को उद्यानिकी के क्षेत्र में विकसित करने के लिए विभाग द्वारा किसानों को जागरुक किया जा रहा है हमारे शहडोल संवाददाता ने कृषकों के माध्यम से बताया कि पहले लागत के अलावा बहुत कम मुनाफा होता था लेकिन विभाग के संपर्क में आने के बाद उन्नत प्रकार के बीज के उपयोग से अब आय दुगनी होने लगी है आंगनबाड़ी बीमा योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा

इसके लिए हितग्राहियों को तीन सौ तीस रुपये प्रतिवर्ष के मान से प्रीभियम का भूगतान करना होगा योजना के तहत मृत्यू होने पर हितग्राही के परिजन को दो लाख रुपये की राशि दी जायेगी सोयाबीन बोनी सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए कृषि विभाग ने किसानों को चार इंच वर्षा होने के बाद ही बुवाई करने की सलाह दी है बताया गया है कि गहरी जुताई करने के बाद बक्खर या कल्टीवेटर चलाकर खेत को समतल कर लें सोयाबीन बीज की अंकुरण क्षमता का परीक्षण करने के बाद ही बुवाई करने को कहा गया है

घायलों में आठ महिलायें भी शामिल हैं सभी घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है बस भोपाल से गैरतगंज जा रही थी उधर शहडोल जिले में सोहगपुर के कंचनपुर गांव के पास रेत से भरे हुए ट्रेक्टरट्राली की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार दो लोगों की मौत हो गई मौसम प्रदेश के कई क्षेत्रों में गरज और चमक के साथ बारिश हुई नीमच से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में आज तेज बारिश होने से निचले इलाकों में पानी भर गया जिले में अब तक पैतालीस दशमलव आठ मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेज धूप के साथ उमस भरी गर्मी पड़ रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों में कहीं कहीं तेज और कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है